संसद का मॉनसून सत्र आज से हो रहा है शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी तीन प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित कीं ये परियोजनाएं हैं पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार वाला द्र्गाप्र बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले दो संयंत्र पूर्वी चंपारण और बांका के एलपीजी बॉटलिंग संयत्रों की संयुक्त क्षमता प्रतिदिन अस्सी हजार सिलेण्डर भरने की है पूर्वी चंपारण संयंत्र बिहार के पश्चिमी तथा पूर्वी चंपारण सीवान गोपालगंज तथा सीतामढी और उत्तर प्रदेश के क्शीनगर के पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करेगा इस अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि नौ सौ करोड़ रूपए की इन परियोजनाओं से अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे श्री मोदी ने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे खुलेंगे श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत सात राज्यों को तीन हजार किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइनों से जोडा जाएगा प्रधानमंत्री रूर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्र तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट के कांडला से जोडने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ करीब तीन हजार किलोमीटर लंबी पाईपलाइन से सात राज्यों को जोडा जा रहा है जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है पारादीप हल्दिया से आने वाली लाईन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है इसको आगे पटना मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंण्डर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के आठ करोड गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है आप कल्पना कीजिए जब घर में रहना जरूरी था तब अगर इन आठ करोड परिवारों के साथियों को हमारी बहनों को लकड़ी या द्रसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लामार्थी बहनों को करोडों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प है

इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किये जायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मास्क न पहनने वालों के प्रति सदभावनापूर्ण ढंग से प्रवर्तन कार्रवाई की जाये

उन्होंने चिकित्सकों पैरामेडिक्स तथा अन्य चिकित्साकर्मियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित कराने के साथ अस्पतालों में कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं एवं दवाइयों की निरन्तर उपलब्यता सुनिश्चित किये जाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज कानपुर नगर और मेरठ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड अस्पताल बनाये गये सभी निजी अस्पतालों द्वारा संक्रमित मरीजों के लिए मानक के अनुरूप सुविधायें सुनिश्चित की जायें निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित पैकेज के अनुसार ही धनराशि ली जाये

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय अड़सठ हजार एक सौ बाईस है विगत छत्तीस घंटों में छह हजार दो सौ उन्तालीस नये कोरोना के मामले मिले हैं इस दौरान पांच हजार नौ सौ अट्ठावन मरीज स्वस्थ हुए हैं श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल दो लाख उन्तालीस हजार चार सौ पच्चासी कोरोना मरीज ठीक हो गये हैं जबकि चार हजार चार सौ उन्तीस लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई है संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है कोविड महामारी के मद्देनजर यह सत्र दो पालियों सुबह नौ से एक बजे तक और शाम को तीन बजे से सात बजे तक चलेगा पहला दिन छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की शाम को होगी यह सत्र एक अक्टूबर को समाप्त होगा कोविड महामारी के बीच संसद का यह पहला सत्र होगा

सत्र में दोनों सदनों के सदस्य दूर दूर बैठेंगे दीर्घा में भी परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन किया जायेगा सांसदों की उपस्थिति मोबाइल एप के जरिये दर्ज होगी इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और निजी विधेयक पेश नहीं किये जायेंगे शून्यकाल होगा और अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे

इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद संशोधन विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बैंकिंग नियमन संशोधन महामारी रोग संशोधन विधेयक और मंत्री वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक शामिल हैं सत्र में नये विधेयक भी पेश और पारित किये जाने की संभावना है प्रदेश सरकार पेराई मौसम में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के मजद्रों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है गन्ना और चीनी आयक्त संजय आर भूसरेडी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भुसरेडी ने आगामी पेराई सत्र के सुरक्षित और सफल आयोजन के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है कोरोना मुक्त आयोजन की तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा चीनी मिलों के प्रवेश द्वारोंकार्यालय परिसर कैंटीन और अन्य स्थानों पर हाथों को विसंक्रमित करने की व्यवस्था के आदेश दिये गए है पेराई सत्र के दौरान कार्य स्थलों पर मास्क पहनना सोशल डिस्पॅसिंग का पालन करना सफाई की व्यवस्था और मशीनों तथा अन्य वस्तुओं को विसंक्रमित करना अनिवार्य होगा मिलों को कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज हिन्दी दिवस है प्रति वर्ष चौदह सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है इसी दिन उन्नीस सौ उन्चास में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था राजभाषा हिन्दी संविधान की छंठी सूची में शामिल बाईस भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है सरकार ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्दी का उपयोग हो रहा है